मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा एमएसएमई क्षेत्र में रोज़गार की हैं अपार संभावनाएं

बातचीत में शामिल लोग प्रधानमंत्री के साथ टीकाकरण के अपने अनुमवों को साझा करेंगे प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि यह बातचीत टीका लगवा चुके लोगों से उनके अनुभव जानने का अवसर होगा इससे पहले प्रधानमंत्री ने वैज्ञानिकों राजनीतिक दलों के नेताओं अधिकारियों तथा अन्य हितधारकों के साथ विश्व के इस सबसे बडे टीकाकरण अमियान के सुचारू रूप से संचालन के लिए लगातार विचार विमर्श किया है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा कल से अपने दो दिवसीय लखनऊ के दौरे पर हैं वे प्रदेश में कल और आज प्रवास के दौरान कई सांगठनिक बैठकें करेंगे एवं कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में भी भाग लेंगे इस दौरान श्री नड्डा लखनऊ में सोशल मीडिया वालटियर्स एवं प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित करेंगे वे बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे इसके साथ ही वे लखनऊ में प्रदेश भाजपा पदाधिकारियों एवं क्षेत्रीय अध्यक्षों के साथ मंत्रणा करेंगे इसके बाद उनका प्रदेश की भाजपा सरकार के मंत्रियों के साथ भाजपा कार्यालय में ही बैठक तथा पार्टी की कोर कमिटी की बैठक का कार्यक्रम है इसके अलावा यो विमिन्न कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे और साथ ही भाजपा सांसदों एवं विधायकों के साथ भी बैठक करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल प्रदेश में सड़क सुरक्षा माह का श्मारम्भ करते हए परिवहन विभाग की पचपन करोड़ सत्तर लाख रूपये की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के गठन के बाद सुरक्षा की दृष्टि से काफी कार्य किये गये हैं जिससे सड़क दुर्घटनाओं में काफी कमी आई है उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के बारे में आम नागरिक को जागरूक किया जाना आवश्यक है मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने अंतर्विमागीय समन्वय के माध्यम से सड़क द्धटनाओं को रोकने की प्रभावी योजना बनाई है मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क सुरक्षा के पहले सप्ताह में व्यापक जागरूकता दूसरे सप्ताह में प्रवर्तन तीसरे सप्ताह में कार्रवाई तथा चौथे सप्ताह में मोटर वाहन एक्ट तथा अन्य कार्रवाई की जायेगी इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सड़क सुरक्षा रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए किये जा रहे प्रयासों के चलते संक्रमण की स्थिति नियंत्रण में है उन्होंने कहा कि यहां संक्रमण की दर में उल्लेखनीय गिरावट आई है लेकिन यह अमी समाप्त नहीं हुआ है इसलिए हर स्तर पर पूरी साक्षानी बरतने की आवश्यकता है मुख्यमंत्री कल लखनऊ में एक उच्चस्तरीय बैठक के दौरान अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने कहा कि कोरोना से बचाव और उपचार की प्रभावी व्यवस्था को बनाए रखा जाये उन्होंने सभी अस्पतालों में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने के भी निर्देश दिये मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा शुरू से ही स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के प्रमावी प्रयास किये गये थे जिसके बेहतर परिणाम मिले हैं उन्होंने कहा कि आईसीय अच्छी टैस्टिंग व्यवस्था वेंटीलेटर सहित अन्य चिकित्सकीय उपकरणों की पर्याप्त व्यवस्था ने राज्य में कोरोना संक्रमण नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है उन्होंने नमूनों की जांच पर पूरा ध्यान देने की आवश्यकता बताई प्रदेश में कोविड टीकाकरण का कार्य केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों और क्रम के अनुसार संचालित किया जा रहा है टीकाकरण से छूट गये अन्य स्वास्थ्यकर्मियों को आज टीका दिया जायेगा सरकार ने प्रदेश में कोविड टीकाकरण के लिए गुरूवार और शुक्रवार दो दिन निर्घारित किए हैं इस बीच स्वास्थ्यकर्मियों को आगामी पन्द्रह फरवरी को टीके की दूसरी डोज देने के लिए तैयारियां जोरो पर हैं

उधर राज्य में कोरोना संक्रमण की दर में तेजी से गिरावट जारी है

एमएस यादव आकाशवाणी समाचार लखनऊ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि एमएसएमई सेक्टर में रोज़गार उपलब्य कराने की अपार संभावनाएं है जिसकों देखते हुए राज्य सरकार नई एमएसएमई इकाईयों की स्थापना और पहले की इकाईयों को सुदृढ़ करने के लिए हरसंभव सहायता और सुविधाएं प्रदान कर रही है मुख्यमंत्री कल लखनऊ में एक बैठक के दौरान विमिन्न विमागों की समीक्षा कर रहे थे पिछले चार वर्षो में प्रदेश की उन्वास लाख एमएसएमई इकाईयों को बैंकों के माध्यम से ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई गई जिससे राज्य में ढ़ाई करोड़ से अधिक रोज़गार के अवसर सुजित हुए हैं प्रदेश में विधान परिषद के ट्विवार्षिक निर्वाचन के अन्तर्गत बारह सीटों के लिए कल सभी प्रत्याशी निर्विरोध चुन लिये गये इनमें भाजपा के दस और समाजवादी पार्टी के दो उम्मीदवार शामिल हैं भाजपा के जो प्रत्याशी कल विजयी घोषित हुए हैं वे हैं पार्टी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा अरविन्द कुमार शर्मा लक्ष्मण प्रसाद आचार्य कुँवर मान्वेन्द्र सिंह गोविन्द नारायण शुक्ला सलिल बिश्नोई अश्वनी त्यागी धर्मवीर प्रजापति और सुरेन्द्र चौधरी समाजवादी पार्टी के दो प्रत्याशी अहमद हसन और राजेन्द्र चौधरी भी निर्विरोध विजयी घोषित किये गये गौरतलब है कि बारह सीटों के लिए नामांकन पत्रों की जांच के बाद बारह उम्मीदवार ही मैदान में रह गये थे कल नाम वापसी के अंतिम दिन इन समी को निर्विरोध विजयी घोषित कर दिया गया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर समी निर्वाचित सदस्यों को बधाई दी है केन्द्र सरकार ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत अब तक एक करोड एक लाख से भी अधिक आवास को मंजूरी दी जा चुकी है इनमें से इकतालिस लाख आवास का निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है जबकि सत्तर लाख आवास के निर्माण का काम विमिन्न चरणों में चल रहा है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने कहा कि केन्द्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति की बावनवीं बैठक में एक लाख अड़सठ हजार छः सौ छः नये आवास को मंजूरी दी गई इस बैठक में चौदह राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के अधिकारियों ने भाग लिया केन्द्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय आज से चार फरवरी तक लखनऊ में अवध शिल्पग्राम परिसर में चौबीसवें हनर हाट का आयोजन करेगा

इकत्तीस राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग पांच सौ दस्तकार और शिल्पकार इस आयोजन में हिस्सा ले रहे हैं मंत्रालय ने बताया कि देश के मशहूर कलाकार हुनर हाट में प्रतिदिन आत्मनिर्मर भारत विषय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत करेंगे भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल के तहत कल कोविड टीके की दस लाख खुराक नेपाल को और बीस लाख खुराक बांग्लादेश को उपहार के तौर पर दी नेपाल के स्वास्थ्य मंत्री हृदयेश त्रिपाठी ने कहा है कि भारत के दिये टीके दस दिन के भीतर स्वास्थ्यकर्मियों और कोरोना महामारी से निपटने में लगे अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को लगाये जायेंगे केन्द्र सरकार ने उस खबर का खंडन किया है जिसमें कहा गया है कि किसान क्रेडिट कार्ड ऋण सात प्रतिशत के स्थान पर बारह प्रतिशत ब्याज दर पर मिलेगा